डीकेएस अस्पताल घोटाला मामले में डॉक्टर पुनीत गुप्ता को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है

पिछले लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण में उनहत्तर दशमलव नौ प्रतिशत मतदान हुआ था प्रदेश के ग्यारह लोकसभा क्षेत्रों में इस बार इकहत्तर दशमलव चार आठ प्रतिशत मतदान हुआ जो वर्ष दो हजार चौदह के लोकसभा चुनाव की तुलना में करीब दो प्रतिशत अधिक है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार तीनों ही चरण में अधिक मतदान हुआ है पहले चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए इस बार छियासठ प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ वहीं दूसरे चरण में तीन लोकसभा क्षेत्रों कांकेर महासमुद और राजनांदगांव में वोट का प्रतिशत करीब पचहत्तर रहा प्रदेश की ग्यारह लोकसभा क्षेत्रों के लिए इस चुनाव में तिहत्तर हजार सात सौ इकहत्तर मतदान केन्द्र बनाए गए थे इस बार सबसे अधिक रायगढ़ में सतहत्तर दशमलव सात शून्य प्रतिशत वोट डाले गए वहीं सबसे कम बिलासपूर में चौसठ दशमलव तीन छह फीसदी वोट पड़े विधानसभावार नजर डाले तो इस बार कोरबा संसदीय क्षेत्र के लिए भरतपुर सोनहत के पांच मतदान केन्द्रों और बैकुंठपुर के एक मतदान केन्द्र में शत प्रतिशत मतदान हुआ वहीं इस बार के चुनाव में वोट डालने वाली महिलाओं की संख्या भी काफी रही सबसे अधिक कोरबा लोकसभा क्षेत्र के भरतपुर सोनहत के पांच मतदान केन्द्रों में सौ फीसदी महिलाओं ने वोट डाले स्ट्रांग रूम सुरक्षा प्रदेश में तीनों चरण का लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सभी ईव्हीएम और वीवीपैट मशीनें सभी जिला मुख्यालयों में विधानसभावार स्ट्रांग रूम में रख दी गई हैं भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की ग्यारह और देश के सभी संसदीय क्षेत्रों के लिए तेईस मई को मतगणना होगी राजधानी रायपुर में सात विधानसभा क्षेत्रों की ईव्हीएम सेजबहार के इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में रखी गई हैं इस पूरे परिसर की सुरक्षा में सीआरपीएफ की दो कंपनियों को तैनात किया गया है

तेईस अप्रैल को तीसरे चरण के चुनाव में वोट डालने वाले मतदाता कल छब्बीस अप्रैल तक अपनी प्रविष्टि ट्वीटर अकाउंट हैशटैग छत्तीसगढ़ वोट्स पर भेज सकते हैं इसके अलावा मतदाता अपनी फोटो सीजी इलेक्शन सेल्फी कॉनटेस्ट एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर ई मेल भी कर सकते हैं सर्वश्रेष्ठ पच्चीस सेल्फी को पुरस्कृत किया जाएगा गौरतलब है कि प्रदेश में तीन चरण में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केन्द्रों में वोटर सेल्फी जोन स्थापित किए गए थे नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम के क्रियान्वयन के लिए बनी राज्य स्तरीय समिति की बैठक आज रायपुर में सेवानिवृत्त न्यायाधीश धीरेन्द्र मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में न्यायमूर्ति श्री मिश्रा ने कहा कि रायपुर में खारून नदी को प्रदृषित होने से बचाने के लिए नालों से बहने वाले अपशिष्ट को इस नदी में मिलने र्स रोका जाए साथ ही इसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाए वहीं उन्होंने रेलवे प्रबंधन से अपनी आवासीय कॉलोनियों से निकलने वाले कचरे के निपटारे के लिए कार्ययोजना तत्काल बनाने के लिए कहा समिति ने रेलवे प्रशासन द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और निगम प्रशासन को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए

जमानत याचिका को लेकर कल हाईकोर्ट में बहस पूरी हुई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था आज इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल ने डॉक्टर गुप्ता को अग्रिम जमानत दे दी गौरतलब है कि डॉक्टर गुप्ता पर डीकेएस सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक रहने के दौरान करोड़ों रुपये की गड़बड़ी करने का आरोप है वहीं फोन टैपिंग मामले में आईपीएस मुकेश गुप्ता ने आज ईओडब्ल्यू कार्यालय पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया ईओडब्ल्यू मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक जीपी सिंह और पुलिस अधीक्षक आईके एलेसेला भी मौजूद थे इससे पहल इसी मामले में मुकेश गुप्ता की स्टेनो रही रेखा नायर से भी पूछताछ की जा चुकी है ट्रेन प्रभावित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में खरसिया और धरमजयगढ़ स्टेशन के बीच ईस्ट कॉरीडोर परियोजना के तहत कल से अट्ठाईस अप्रैल तक नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा इस वजह से रायगढ़ और बिलासपुर के बीच कुछ लोकल और पैसेंजर गाड़ियों का परिचालन रद्द रहेगा वहीं ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रेलमंडल के कपिलास रोड और सालगांव रेलवे स्टेशन के बीच आज से आठ मई तक ब्लॉक किया जा रहा है इसके कारण पुरी दूर्ग एक्सप्रेस और भुवनेश्वर कुर्ला एक्सप्रेस सहित करीब छह ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा पलिस जन मित्र योजना प्रदेश के सभी जिलों में सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत जनता और पुलिस के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने के लिए जनमित्र योजना और ग्राम रक्षा समिति योजना को फिर से शुरू किया गया है इसके तहत संबंधित थाने के प्रभारी अपने क्षेत्र के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहंचकर आम जनता से सीधे संवाद स्थापित करेंगे वहीं पुलिस अधीक्षक हर महीने नियमित रूप से दो बार पुलिस जनमित्र की बैठक में शामिल होंगे पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं भालू हमला कोरिया जिले के नागपुर चौकी क्षेत्र के उजियारपुर गांव के जंगल में आज महुआ बीनने गई दो महिलाओं पर भालुओं ने हमला कर दिया इन महिलाओं को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है वहीं महासमुंद जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र के चैनडीपा गांव में भी आज खेत में काम कर रहे एक युवक पर भालू ने हमला कर दिया गंभीर हालत में इस युवक को पिथौरा सामुदायिक स्वास्थ्य कोन्द्र में भर्ती कराया गया है विश्व मलेरिया दिवस आज विश्व मलेरिया दिवस है इस वर्ष जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी के सूत्र वाक्य के साथ विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है इस मौके पर प्रदेश में लोगों को जागरूके करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जांजगीर चांपा जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए मलेरिया और उसके फैलने के कारणों के बारे में बताया गया मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वीके अग्रवाल ने बताया कि सभी अस्पतालों में जागरूकता कार्यक्रम और रैली निकाली गई उन्होंने बताया कि वर्ष दो हजार चौबीस तक मलेरिया को मिटाने का संकल्प लिया गया है संक्षिप्त समाचार सुकमा जिले में चार माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है इनमें एक एक लाख रूपये के तीन इनामी माओवादी भी शामिल हैं रायगढ़ जिले के चपले कुनकुरी मार्ग पर एक ट्रक के पलट जाने से उसमें दबकर एक मजदूर की मौत हो गई